वे टौणी देवी में तहसील भवन के उदघाटन के अलावा चार अन्य विकास कार्यो का शिलान्यास करेंगे इन विकास योजनाओं में उठाऊ पेयजल योजना इहक पटलांदर धैल और धलैट शामिल है इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सुजानपुर जंगलबैरी क्षेत्र की दो बाढ़ नियंत्रण योजनाएं और हमीरपुर में बनने वाले राजस्व विभाग की कालोनी का शिलान्यास भी करेंगे ई टेंडर पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि गोविंद सागर जलाशय में मत्स्य विक्रय के लिए ई टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाएगी

उन्होंने कहा कि इससे मछुआरों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा मेंट जिला परिषद के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र से शिमला में भेंट की इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को फैडरेशन की सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया उन्होंने कहा कि जिला परिषद पंचायती राज की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी संस्था हैं और प्रदेश सरकार इसे मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है कोरोना प्रदेश में कोरोना संकमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है

वर्तमान में उना जिला में सर्वाधिक सक्रिय मामले हैं

मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी व द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा और अब एक नज़र अख़बारों की सुर्खियां पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है नगर निगम चुनाव से जुड़ी खबर पर दिव्य हिमाचल ने लिखा है मेयर के आरक्षण में बदलाव नहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने तमाम अटकलों पर लगाया विराम दैनिक जागरण की सुर्खी है मेयर के आरक्षण रोस्टर में नहीं होगा बदलाव आपका फैसला के शब्द हैं नगर निगम चुनाव के आरक्षण रोस्टर में बदलाव नहीं होगा अमर उजाला का शीर्षक है तीन प्रत्याशियों पर कब्जे का आरोप एक नामांकन रदद

जानकारी छिपाने पर सुक्खू के खिलाफ जांच के आदेश हिमाचल दस्तक की एक खबर है दैनिक भास्कर के शब्द हैं सुक्खू के खिलाफ कोर्ट ने दिए कार्रवाई के आदेश दीक्षा समारोह से पहले सत्यापित होगी हर डिग्री दैनिक जागरण की एक खबर है